प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज झारखंड में रांची से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आय्ष्मान भारत का श्भारंभ किया योजना के तहत देश के दस करोड़ से अधिक परिवारों को स्वास्थ्य गारंटी प्रदान की जायेगी देश के पच्चीस करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रूपये तक का हैल्थ इंशयोरेश देने वाली दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी सरकारी वित पोषित स्वास्थ्य देखभाल योजना है इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि एक ऐतिहासिक क्षण है क्योंकि इस योजना से देश के स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में ब्नियादी परिवर्तन आयेगा श्री नड़डा ने बताया कि देश में शीघ्र ही डेढ़ लाख वेलनेस सेटर्स खोले जायेंगे लाभार्थी सरकारी व निजी अस्पतालों से स्वास्थ्य सेवायें ले सकते है करनाल में यह योजना श्रू करते हुए मुख्मयंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा है कि आय्ष्मान विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है और इसकी विशेषता है कि यह कैशलेस और कागज़रहित है सारा कार्य ऑनलाइन संपन्न कराया जायेगा और परिवार के मुखिया व अन्य सदस्यों के फिंगर प्रिंट के आधार पर लाभार्थी को लाभ मिलेगा यदि किसी सदस्य का द्र्घटना के समय फिंगर प्रिंट नहीं है तो त्रंत फिंगर प्रिंट तैयार कर लिया जायेगा ताकि उसे शीघ्र स्वास्थ्य लाभ दिया जा सके उन्होंने बताया कि यदि किसी परिवार के एक सदस्य पर एक लाख रूपये की राशि खर्च हो गई तो उस उम्मीदवार के खाते में चार लाख रूपये शेष रहेंगे

इससे पूर्व हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य और मुख्यमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कल्पना चावला में करोड़ों रूपये के नये बने ओडीटोरियम के साथ हैल्थ एंड वैल्थ सालवन के सेंटर का उदघाटन किया

अम्बाला के सिविल अस्पताल में वितमंत्री कैप्टन अभिमन्यू ने जन आरोग्य योजना की श्रूआत करते हए पांच लाभार्थियों को गोलडन ई कार्ड वितरित किये

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन ने कहा है कि प्रधानमंत्री द्वाराश्रूकी गई जन आरोग्य आय्ष्मान योजना देश की आम जनता के लिए वरदान बनकर आई है सोनपत के सिविल अस्पताल परिसर में आरोग्य योजना के श्भारंभ मौके बतौर म्ख्य अतिथि सम्बोधित करते हए उनहोंने कहा कि दस लोगों को योजना के तहत बनाये गये कार्ड भी वितरित किये श्रीमती जैन ने कहा कि देश के सरकारी ही नहीं बल्कि निजी अस्पतालों की सुविधायें भी गरीबों के लिए खोल दी गई है

पलवल के अस्पताल में हरियाणा सरकार के परिवहन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने जन आरोग्य योजना के तहत आठ लाभार्थियों को ई कार्ड वितरित किये

इसके तहत आने वाले प्रत्येक परिवार को पांच लाख रूपये तक का कैशलैस स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा रिवाड़ी सामुहिक दुष्कर्म मामले में जांच के लिए बनाई गई एसआईटी हैड नाज़नीन भसीन ने बताया है कि मामले के मुख्य आरोपी पंकज फौजी और मनीष कुमार को प्लिस ने महेन्द्रगढ़ के सतनाली इलाके से गिरफ्तार कर लिया है

द्ष्कर्म के मास्टर माईड नीश् को पहले ही गिरफ्तार किया जा च्का है और कोठड़ा मालिक दीनदयाल और एक डाक्टर संजीव को भी गिरफ्तार किय गया है केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रिवाड़ी में हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस के अवसर पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महान स्वतंत्रता सेनानी राम त्ला राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों को श्रद्वाजंलि अर्पित की इस मौके पर राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि वीर शहीदी हमारे लिये सदैव प्ररेणा स्त्रोत है तथा उनके पद चिन्हों पर चलकर देश प्रेम व भाईचारे की परम्परा को कायम रखना चाहिए उन्होंने कहा कि हरियाणा प्राचीनसमय से ही योदधाओं देशभक्तों और रणबांकुरों की धरती रही है

इससे पूर्व के मुकाबले में भी दीपक पूनिया ने बिना एक भी अंक गवाये अलग अलग मुकाबलों में सात शून्य और ग्यारह शून्य से जीत हासिल की ली सतावन किलो ग्राम भार वर्ग में नवीन सिहाग को रजत पदक मिला है जबकि सचिन राठी और संजीव कांस्य पदक के लिये खेंलेंगे

कृषि विशेषज्ञों ने कहा है कि इस बारिश से धान की फसल को कोई न्कसान नहीं पहंचाया है पर कपास की फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है मौसम विभाग ने पंजाब और हरियाणा के अधिकतर भागों में सोमवार तक हल्की से मध्यम वर्षा की भविष्यवाणी की है यमुनानगर जिले में गत दिवस शुरू हई बरसात रात भर व आज पूरा दिन जारी रही हवा व बारिश से गन्ने की फसल को न्कसान पहंचा है